जनता कर्फ्यू के चलते प्रदेश में आज सुबह से ही लोगों ने दुकानें बंद रखीं हैं और घरों से बाहर न निकलकर जनता कर्फ्यू का समर्थन कर रहे हैं वहीं आज प्रदेश में सभी परिवहन सेवाएं भी बंद हैं प्रदेशभर में आज सड़कों पर दिनभर सन्नाटा छाया रहा और ज़रूरी सेवाओं को छोड़ कर सभी व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे राजधानी शिमला में ऐतिहासिक रिज मैदान और माल रोड सहित विभिन्न पर्यटन स्थल भी दिनभर सूने रहे स्थानीय व्यापार मंडल ने अगले दो दिन भी शहर में बाज़ार बंद रखने का निर्णय लिया है सोलन ज़िले में पुलिस और एम्बुलेंस वाहनों के अलावा बसों व निजी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रही चम्बा कुल्लू सिरमौर बिलासपुर हमीरपुर सहित केलंग व रिकांगपिओ में भी बाज़ार बंद रहे और ग्रामीण इलाकों में भी लोग आवश्यक कार्य को छोड़ कर घरों से बाहर नहीं निकले

जयराम इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि जनता कर्फ्यू को सफल बनाने में प्रदेश के लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है

बजट सत्र कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए विधानसभा का बजट सत्र कल अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के साथ फोन पर हुई बातचीत के बाद इस संबंध में सहमति बनी है

करीब एक घंटे तक चलने वाली कार्यवाही में बजट पारित किया जाएगा अपील प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने काम के सिलसिले में अन्य शहरों में रहने वाले लोगों से कहा है कि वे जहां हैं वहीं रहें

प्रधानमंत्री ने लोगों से किसी भी प्रकार की यात्रा से बचने की अपील की है उन्होंने कहा कि ऐसा करके वे न केवल अपने बल्कि अपने परिवार के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए मालगाडियों की सेवा जारी रहेगी बैंक इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने जनता से अपील की है कि वे बैंकों में तभी जाएं जब ऐसा करना बहुत ही जरूरी हो एसोसिएशन ने कहा है कि कल से बैंकों में केवल नकदी जमा और निकासी चैकों का समाशोधन प्रेषण और सरकारी लेन देन ही किया जाएगा और गैर जरूरी बैंकिंग गतिविधियां निलंबित रहेंगी सुझाव केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए बुनियादी सुझाव दिए हैं लोगों को भीड़ से बचने को कहा गया है खांसी या बुखार से पीड़ित व्यक्ति को दूसरों के निकट सम्पर्क में न जाने की सलाह दी गई है कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए हेल्प लाइन नम्बर है शून्य एक एक दो तीन नौ सात आठ शून्य चार छः हैल्पलाइन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों को कोरोना वायरस से बचाव के बारे में जानकारी देने के लिए एक टॉल फ्री हेल्पलाइन शुरू की है इस हेल्पलाइन का नम्बर है एक आठ शून्य शून्य एक एक आठ शून्य शून्य चार